और प्रदेश में क्रिसमस तक बर्फबारी के नहीं कोई आसार न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी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

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि मिशन के अंतर्गत डाक विभाग के माध्यम से बलगम जांच के नमूने स्वास्थ्य विभाग के जांच केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे उन्होंने बताया कि इससे क्षय रोग की जांच करने के कार्य में तेजी आएगी और इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि क्षय रोग का पता चलने से ऐसे मरीजों का समय पर उपचार शुरू होगा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित नमूनों को पैक करके डाक घरों तक पहुंचाया जाएगा निपुण जिंदल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल को इस वर्ष जनवरी से जून माह तक जारी आंकड़ों में देशभर में अव्वल आंका गया है ज़िला स्तर पर जारी आंकड़ों में हमीरपुर ज़िला पहले स्थान पर रहा है गोल्डन महाशीर राज्य सरकार ने गोल्डन महाशीर प्रजाति की विलुप्त हो रही मछलियों को बचाने के लिए संरक्षण योजना चलाई है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इससे जलाशयों व नदियों में गोल्डन महाशीर प्रजाति की संख्या में वृद्वि हुई है

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मछलियों के कृत्रिम प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है गिरिराज मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में राज्य सरकार के साप्ताहिक समाचार पत्र गिरिराज का अगले वर्ष का कैलेंडर जारी किया इसमें अटल टनल रोहतांग का मनोरम दृष्य दिखाया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज की पहुंच प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों तक है और ये सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है सांसद सुरेश कश्यप भी इस मौके मौजूद रहे शोक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आर एस एस विचारक एम जी वैद्य के निधन पर शोक जताया है उन्होंने कहा कि एमजी वैद्य ने आरएसएस को सुदृढ़ बनाने के लिए दशकों तक सेवाएं दी और उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है

केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन का शुभारंभ किया था इसमें देश भर से साइकिल चालक भाग ले रहे हैं

फिट इंडिया साइक्लोथॉन को सोशल मीडिया पर भी बहत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आम जनता के साथ साथ जानी मानी हस्तियां भी सोशल मीडिया पर साइकिल चलाते हुए तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं

वेतन आयोग प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने राज्य सरकार से केंद्रीय वेतनमान की रिपोर्ट को प्रदेश में जल्द लागू करने की मांग की है महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से राजस्व पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्रीय वेतनमान को लागू करने की सैद्वांतिक पहल कर चुकी है और ऐसे में हिमाचल सरकार को भी संशोधित वेतनमानों का लाभ जल्द लागू करना चाहिए

शिमला जिले के ठियोग स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य योगेश कुमार ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी नवोदय विद्यालय समिति की वैबसाईट पर आवेदन कर सकते हैं

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में इन दिनों मौसम खुष्क बना हुआ है और अनेक शहरों का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है ऊना सहित कई मैदानी इलाकों में भी न्यूनतम तापमान शिमला के न्यूनतम तापमान से नीचे दर्ज किया जा रहा है

लाहौल पर्यटन लाहौल स्पीति ज़िले में शीतकालीन साहसिक खेलों की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक पर्यतारोही विशेषज्ञ टीम जिले के दौरे पर है ये टीम जिले में आईस क्लाईबिंग की संभावनाओं का पता लगा रही है और इसके लिए स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं नैनीताल से आए पर्वतारोही अनिल ने बताया कि लाहौल घाटी में बर्फ से जुड़े खेलों की अपार संभावनाएं हैं और इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेगी क्षेत्र के युवाओं में भी शीतकालीन खेलों के प्रति उत्साह देखा जा रहा है

बचाव कर्मियों ने आज सुबह कड़ी मुश्कत के बाद महिला के शव को ढांक से निकाला महिला की पहचान रेखा के रूप में हुई है जो हरियाणा के सिरसा की रहने वाली थी और राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी एसडीएम अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला पर्यटक का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है